मूंग अरहर उड़द और रागी के भी एमएसपी में की गयी व्रद्धि

राहुल गांधी ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है अपने ट्वीटर हैंडल पर त्याग पत्र डालते हुए श्री गांधी ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात थी उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं श्री गांधी ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस की मजबूती के लिए जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है इसीलिए वे पार्टी अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहे हैं श्री गांधी ने कहा है कि उनकी लड़ाई कभी भी राजनीतिक शक्ति के लिए नहीं रही है और भाजपा के खिलाफ उनके मन में कोई नफरत नहीं हैं इससे पहले संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में फैसला करने के लिए पार्टी की कार्यकारिणी समिति की शीघ्र बैठक होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने दो हजार उन्नीस बीस के खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पैंसठ रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है

इसके अलावा ज्वार के मूल्य में एक सौ बीस रुपये और रागी के मूल्य में दो सौ तिरपन रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है कृषि मंत्री ने बताया कि अरहर के समर्थन मूल्य में एक सौ पच्चीस रुपये मूंग के मूल्य में पचहत्तर रुपये और उड़द के मूल्य में सौ रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है राज्य सरकार ने कहा है कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्थानीय बाजार मूल्य के बीच कम अंतर होने के कारण इस साल गेहूं की अधिप्राप्ति कम हुई है विधान परिषद में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने एक ध्यानाकर्षण के जवाब में बताया कि अभी तक राज्य के इकतीस जिलों में कुल पांच सौ चौवन निबंधित किसानों से तीन हजार एक सौ तैंतालीस मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की अधिप्राप्ति की गई है उन्होंने बताया कि राज्य के सात जिलों में गेहूं का क्रय नहीं हो पाया है विधानसभा में आज भी राजद के सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्थ की खराब स्थिति का मुद्दा उठाते हुए जमकर हंगामा किया सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही राजद सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये वहीं भाकपा माले के सदस्य सरकार पर रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए न्यू पटना मार्केट को हटाने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे कुछ देर हंगामे के बाद सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने प्रश्नोत्तरकाल चलाया प्रश्नकाल के बाद राजद के ललित कुमार यादव और अन्य सदस्यों की ओर से दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव के खारिज होने के विरोध में विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे शोरगुल और सरकार के खिलाफ नारेबाजी के कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से पहले ही दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित करनी पड़ी भोजनावकाश के बाद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष के लिये विभागीय अनुदान मांग पेश किया इस पर सरकार के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्य सदन से बाहर निकल गये कृषि मंत्री का भाषण समाप्त होने के बाद सभाध्यक्ष ने कल तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी विधान परिषद् में आज भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही शांतिपूर्ण चली प्रश्नकाल शून्यकाल सामान्य रूप से चले केन्द्र सरकार ने कहा है कि बिहार में संदिग्ध दिमागी बुखार से निपटने के लिये राज्य सरकार को हरसंभव मदद दी जायेगी आज सुप्रीम कोर्ट में एईएस से बच्चों की हुई मौत के मामले में दायर हलफनामे में केन्द्र की ओर से कहा गया है कि श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक सौ बेड वाले गहन बाल चिकित्सा इकाई की स्थापना की जायेगी हरेक जिले में भी दस दस बेड वाले गहन बाल चिकित्सा इकाई खोले जायेंगे वहीं पूरे प्रदेश में पांच विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला की भी स्थापना होगी गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने चौबीस जून को एक याचिका की सुनवाई करते हुए एईएस से बच्चों की मौत के मामले में केन्द्र और बिहार सरकार से सात दिन के भीतर जवाब मांगा था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 इस मामले में कल राज्य सरकार की ओर से भी हलफनामा दायर किया गया था इधर संदिग्ध दिमागी बुखार से मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में तीन और बच्चों की मौत हो गयी है बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ पंचानवे हो गयी है एसकेएमसीएच में अभी इक्कीस बच्चों का इलाज चल रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को राज्य कैडर के आईएएस अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता को झूठे आरोप में फंसाने और प्रताड़ित करने के मामले में पांच लाख रूपये हर्जाना देने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति विपिन सांघी और ज्योति सिंह की खंडपीठ ने आईएस अधिकारी श्री गुप्ता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने केन्द्र सरकार को श्री गुप्ता का कैडर बदलने का भी निर्देश दिया अपनी याचिका में अधिकारी ने कहा था कि बिहार में माफिया के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें जान का खतरा है खंडपीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता है कि उनका भी हश्र भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी सत्येन्द्र दूबे की तरह हो जिन्हें अपराधियों ने दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया था केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की राजद्रोह संबंधी धारा को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी पटना की महापौर सीता साहू के खिलाफ विपक्ष के पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ दो पार्षदों ने मतदान किया जबकि विरोध में दस सदस्यों ने मतदान किया बत्तीस सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना है मौसम विभाग ने कहा है कि आज से मॉनसून का सिस्टम मजबूत हो गया है बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य में नमी बढ़ रही है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुबह से रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहैयाबाग में दो आपराधिक गुटों के बीच हुई गोलीबारी में कुख्यात सुजीत कुमार सिंह मारा गया है पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मृतक कई मामलों में वांछित था प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज पुलिस और उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब जब्त की है और कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन टोला के पास पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक सौ पच्चीस कार्टन शराब बरामद की है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहीं जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से पांच शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है खगड़िया जिले के बेलदौर पश्चिम चंपारण जिले के नगर थाना क्षेत्र और शिवहर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में शराब जब्त की गयी है अररिया सारण और सीतामढ़ी जिलों में शराब की अलग अलग खेप के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पश्चिम चम्पारण जिले के शिकारपुर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक बेनी माधव सिंह की ब्रेन हेमरेज होने से मौत हो गयी है कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में मोहनिया बाजार के पास दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया

मूंग अरहर उड़द और रागी के भी एमएसपी में की गयी वृद्धि